लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस ने गतिविधियां की तेज भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव में देश के डेढ़ करोड़ से अधिक नए मतदाता डालेंगे वोट नमग्या डोगरी नाले में हिमखण्ड की चपेट में आने से शहीद हुए कुल्लू जिले के विदेश ठाकुर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश की कमान मजबूत नेतृत्व के हाथों में फिर से सौंपने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य का आहवान किया है मण्डी जिला में सिराज विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी मैदान में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मातू शक्ति का आशीर्वाद अहम होगा जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के बालाकोट में सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राईक के सबूत मांग रहे हैं और उन्हें अपनी सेना पर विश्वास नही है मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में भाजपा को सहयोग देने का आहवान किया इस अवसर पर कांग्रेस के सैंकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा कार्यक्रम में सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे भाजपा बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं भाजपा व कांग्रेस बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं इसी कड़ी में भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र की कार्यशाला आज पार्टी कार्यालय दीप कमल में हुई बैठक की अध्यक्षता पार्टी के महासचिव चन्द्रमोहन ठाक्र ने की उन्होंने बताया कि कार्यशाला में भाजपा की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया संसदीय क्षेत्र के पालक राजीव सहजल ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है और कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को नया सीखने को मिलता है उन्होंने बताया कि भविष्य में भी हर मण्डल स्तर पर ऐसी कार्यशालाएं लगाई जाएंगी प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हर संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद वीरेन्द्र कश्यप और भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा मौजूद थे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बूथ कार्यकर्ताओं से पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्य को करने का आहवान किया है आज शिमला में पार्टी कार्यालय राजीव भवन में ब्रथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा को कार्यकर्ता मजबूत करता है रजनी पाटिल ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बूथ कार्यकर्ताओं के लिए सहायक सिद्ध होते हैं और इस दौरान उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हासिल होता है इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिले मार्गदर्शन को बूथ कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव बूथों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश पार्टी सह प्रभारी गुरकीरत सिंह भी मौजूद रहे

जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में चुनाव प्रक्रिया के तहत ईवीएम वीवीपैट और अन्य सामग्री हैलीकॉप्टर के माध्यम से आज पहुंचा दी गई जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार चौधरी ने बताया कि चुनाव को सुचारू ढंग से कराने के लिए गठित कमेटियों को पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है

मतदान प्रक्रिया के बारे में इन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार की अध्यक्षता में आज धर्मशाला के तपोवन में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

इस मौके संदीप कुमार ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुचनाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी उन्होंने बताया कि ईवीएम में ब्रेललिपी का प्रावधान किया गया है और इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दिव्यांग जनों को दी गई

मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र से एनएच के लिए मिले बजट पर प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है उन्होंने केंद्र सरकार पर अंतिम चुनावी महीनों में केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिलान्यास करने का आरोप भी लगाया है उन्होंने कहा है कि हाटि समुदाय को दिल्ली के चक्कर लगाने के बावजूद एसटी का दर्जा नहीं मिला है और न ही हिमाचल को अलग से सेना की रेजिमेंट मिल पाई है अंतिम संस्कार कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र के थरूवा गांव के शहीद विदेश ठाकुर का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ किया गया इस मौके क्षेत्र के सैंकड़ों लोगों ने उन्हें अश्रपूर्ण विदाई दी

कुल्लू जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम अक्षय सूद ने शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी

जिसपा के लिए उड़ान न होने से लोगों को मायूसी ही हाथ लगी केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार सड़क मार्ग न खुलने से महीनों से बंद पड़ी बीएसएनएल की संचार व्यवस्था को दुरूस्त करने में भी दिक्कतें आ रही हैं

स्थानीय लोगों ने बारिंग शंशा में बीएसएनएल के टॉवर जल्द ठीक करवाने सहित हैलीकॉप्टर उड़ानें कराने की मांग की है मांग चम्बा जिला की कुमार पंचायत की ग्रामीण विकास समिति ने कुमार से साच सड़क मार्ग को जल्द खोलने की सरकार व पांगी प्रशासन से मांग की है समिति के अध्यक्ष भाग सिंह ठाकुर ने बताया कि बर्फबारी के कारण ये सड़क मार्ग करीब एक महीने से बंद पड़ा है जिससे क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है

इस बीच किलाड़ पंचायत के पूर्व प्रधान ने पांगी घाटी के सभी हैलीपैडों के लिए शीघ्र हैलीकॉप्टर उड़ान कराने की मांग की है लोगों का कहना है कि जनवरी माह के बाद पांगी के लिए कोई भी उड़ान नही हो पायी जिससे कई रोगियों सहित अन्यों को परेशानी हो रही है स्वीप कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनकौर पंचायत में एक मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया जिसकी अध्यक्षता स्वीप के जिला नोडल अधिकारी सोमिल गौतम ने की उन्होंने लोगों से बढ़चढ़ कर चुनाव में भाग लेने के साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने का आहवान किया चुनाव कांगडा कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मददेनजर नकदी शराब व अन्य प्रलोभन की वस्तुओं का लेन देन एक दंडनीय अपराध है उन्होंने कहा कि जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इन पर नजर रखने के लिए उडनदस्तों का गठन किया गया है जो समय समय पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं